कमलनाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री नाथ की प्रधानमंत्री से यह पहली सौजन्य भेंट है बताया जा रहा है इस दौरान श्री नाथ ने प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा की श्री नाथ ने ओले और पाले से हुई फसल क्षति की जानकारी प्रधानमंत्री को देते हुए केन्द्र सरकार से किसानों को राहत राशि देने का आग्रह किया मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री नाथ ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रहे गतिरोध पर कहा कि राज्य और केन्द्र के बीच संबंध मधुर होना चाहिये राजनाथ केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त के खिलाफ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की कार्रवाई को उचित ठहराया है उन्होंने आज कहा कि पुलिस आयुक्त शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सहयोग नहीं कर रहे थे और कई सम्मन का जवाब देने में विफल रहे इसलिए सीबीआई को कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे पर जवाब देते हुए गृहमंत्री ने सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ कोलकाता पुलिस की कार्रवाई को गैरकानूनी और अभूतपूर्व बताया श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से विस्तुत रिपोर्ट मांगी है

उन्होंने एमनार्गेश्वार राव का स्थान लिया है जो जांच एजेंसी के अंतरिम प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे

ग्वालियर में जन्में श्री शुक्ला प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं

दाल वितरण खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा है राज्य सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को प्रोटीनयुक्त दाल प्रदाय के वचन पत्र में किये गये वादे को आज पूरा कर दिया है श्री तोमर ने आज ग्वालियर में मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ करते हुए यह बात कही

राजगढ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला मुख्यालय पर विधायक बापूसिंह तंवर ने हितग्राहियों को गेंह चावल नमक के साथ मसूर का वितरण किया कृषि ऋणमाफी जय किसान फसल ऋण माफी योजना की जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक आज भोपाल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हई बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि बिना किसी पूर्वाग्रह के पूर्ण पारदर्शिता के साथ फसल ऋण माफी योजना को लागू करने में जुट जायें बैठक में जनसम्पर्क मंत्री पीसीशर्मा गैस राहत मंत्री आरिफ अकील विधायक आरिफ मसूद सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे भाजपा संकल्पपत्र भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान का शुभारंभ किया

ये रथ प्रदेश के प्रत्येक जिले में पार्टी की नीतियों का प्रचार करेंगे रथ के माध्यम से ग्रामीण जनता लोकसभा चुनाव में तैयार होने वाले भाजपा के संकल्पपत्र के लिए अपने सुझाव दे सकती है इन सुझावों को भाजपा द्वारा घोषणा पत्र में शामिल किया जायेगा श्री चौहान ने महिला संशक्तिकरण को लेकर अपना सुझाव भी आकांक्षा पेटी में डाला राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान की शुरुआत रविवार को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने की थी

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सप्ताह की थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रखी गई है इसके अंतर्गत पूरे प्रदेष में सड़क यातायात से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मौके पर आज पुलिस थाना ग्राउण्ड से पुरानी कृषि उपज मंडी तक छात्र छात्राओं ने रैली निकाली जिसमें यातायात नियमों के बारे में जागरुकता के लिए नारे लगाये गये वहीं खण्डवा में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने हेलमेट जागरुकता रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया वहीं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने आकाशवाणी के जरिये लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की सीहोर जिले में भी कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा ने सड़क सुरक्षा रथ और वाहन रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया उधर शहडोल में कलेक्टर अनुभा श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक कुमार सौरभ ने यातायात नियमों का पालन करने वालों को फूल देकर उनका स्वागत किया वहीं यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों को समझाइश दी वहीं कटनी राजगढ़ जबलपुर होशंगाबाद मुरैना नरसिंहपुर उमरिया शिवपुरी सहित विभिन्न जिलों से सड़क सुरक्षा सप्ताह के आयोजन के समाचार मिले हैं बंदी मौत मुरैना के दिमनी थाना में एक बंदी के आत्महत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को लाइन अटैच करते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिसबल को निलंबित कर दिया इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने विभागीय जांच के आदेश दिये हैं गौरतलब है कि शनिवार रात को आर्म्स एक्ट के मामले में पुलिस ने रघ्राज तोमर नाम के युवक को हिरासत में लिया था पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक ने आज सुबह थाना परिसर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली इसकी खबर जैसे ही उसके घर वालों को लगी गुस्साये परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई थी कैंसर दिवस विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में विभिन्न जागरुकता कार्यकम आयोजित किये गये इंदौर में चिकित्सकों ने एक रैली के जरिए नशे की लत से दूर रहने केमिकलयुक्त भोजन न करने और जीवनशैली में सुधार लाने का संदेश दिया खण्डवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर शहर में एक जन जागृति रैली निकाली गई इस दौरान तख्तियों और बैनर के माध्यम से कैंसर रोग से संबंधित जानकारी दी गई शहडोल में भी कैंसर दिवस पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये गये सोमवती अमावस्या प्रयागराज क्भ में मौनी अमावस्या के अवसर पर आज दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण शाही स्नान किया गया इस अवसर पर गंगा यमुना और सरस्वती के संगम तथा कुम्म मेले के आसपास के इलाकों में तीन करोड़ से अधिक श्रद्वालुओं ने स्नान किया इस अवसर पर प्रदेष में भी पूण्य स्नान किया गया उज्जैन में क्षिप्रा के घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं ने डुबकी लगाई यहां स्नान के लिये सोमकृण्ड के पास फव्वारे साईन बोर्ड वस्त्र बदलने के लिये अस्थाई कक्ष बनाए गए थे होशंगाबाद में भी सेठानी घाट सहित विभिन्न घाटों पर श्रद्वालुओं ने स्नान किया जबलपुर खण्डवा उमरिया आगर मालवा देवास बैतूल शहडोल सहित पूरे प्रदेश में मौनी अमावस्या का पर्व श्रद्वापूर्वक मनाया गया